मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में एक बैठक में कानून और व्यवस्था तथा विकास से संबंधित मुद्दों की समीक्षा की बैठक में प्रदेश के मुख्य सचिव सचिव पुलिस महानिदेशक जिलाधिकारियों और जिलों के पुलिस प्रमुखों ने हिस्सा लिया श्री योगी ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि कानून और व्यवस्था मुद्दे पर कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिये

उन्होंने कहा कि महिलाओं के खिलाफ किसी भी प्रकार के अपराध को बर्दाश्त नहीं किया जायेगा उन्होंन अधिकारियों से राज्य में एन्टीरोमियो स्क्वाड को सशक्त बनाने के निर्देश दिये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

शंघाई सहयोग संगठन एससीओ के कल से शुरू हो रहे शिखर सम्मेलन के सिलसिले में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की दो दिन की बिश्केक यात्रा से किगिस्तान के साथ भारत के द्विपक्षीय संबंधों के और मजबूत होने की संभावना है आकाशवाणी के साथ बातचीत में किरगिज गणराज्य में भारत के राजदूत आलोक डिमरी ने कहा कि भारत और किर्गिस्तान में लोकतांत्रिक सरकारें हैं और प्रधानमंत्री की यात्रा से व्यापार वाणिज्य और कारोबार जैसे क्षेत्रों में संबंध और अधिक सुदृढ़ होंगे ये पहला बहुपक्षीय विजिट है प्रधानमंत्री जी की जनादेश के बाद और ये सैंट्रल एशिया में विजिट हो रही है इस विजिट में एसयू शिखर सम्मेलन के साथ साथ एक द्विपक्षीय विजिट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा जड़ा हुआ है

और इसमें कई इंपोटेंट मसौदों पर एग्रीमेंट भी होगा कन्द्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत को राज्यसभा का नेता नियुक्त किया गया है वे वरिष्ठ भाजपा नेता अरुण जेटली का स्थान लेंगे जो खराब स्वास्थ्य के चलते सरकार में शामिल नहीं हुए हैं श्री गहलोत मध्य प्रदेश से राज्यसभा के सांसद हैं नृपेन्द्र मिश्र को फिर से प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है पीकेमिश्रा को भी फिर से प्रधानमंत्री का अपर प्रमुख सचिव नियुक्त किया गया है

ये दोनों नियुक्तियां प्रधानमंत्री के कार्यकाल के साथ साथ चलेंगी कार्मिक मंत्रालय के आदेशानुसार अपने पद पर बने रहने के दौरान दोनों अधिकारियों को कैबिनेट मंत्री का दर्जा भी दिया जाएगा नपेन्द्र मिश्र उत्तर प्रदेश कैडर के वरिष्ठ सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी है प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने पहले कार्यकाल में उन्हें अध्यादेश द्वारा सेवा विस्तार देकर अपना सचिव नियुक्त किया था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 यह निर्णय कल खाद्य मंत्री रामविलास पासवान की अध्यक्षता में हुई एक अन्तर मंत्रालय समिति की बैठक में लिया गया बठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में श्री पासवान ने कहा कि इससे अरहर की दाल की उपलब्धता बढ़ेगी और इसके दाम बढ़ने पर अंकूश लगाया जा सकेगा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

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के प्रमुख के शिवन ने आज बंगलुरू में मीडिया को यह जानकारी दी राजधानी लखनऊ सहित प्रदेश के कई स्थानों पर आई तेज आंधी से जहां लोगों को भीषण गर्मी से थोड़ी राहत मिली है वही कई स्थानों से दुर्घटना की खबरें भी मिली है आंधी के साथ वर्षा होने से आम और लीची की फसल को भारी नुकसान होन के समाचार है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 बलरामपुर में आज सुबह आई आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया और विवरण हमारे संवाददाता से प्रदेश के विभिन्न भागों में कल शाम से ही धूल भरी आंधी और तेज हवाओं के साथ हुई बरसाने लोगों को भीषण गर्मी से निजात दिलाई वही तेज हवाओं कई जगहों पर पेड़ तथा बिजली के खंभों और तारों के टूटने से सामान्य जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ कई जगहों पर आम और लीची की फसलों को नुकसान हुआ वहीं किसान गन्ने की फसल के लिए पानी उपलब्ध हो जाने से प्रश्न नजर आ रहे हैं

आकाशवाणी समाचार के लिए लखनऊ से में मुल्तान सिंह यादव आज गंगा दशहरा है इस अवसर पर वाराणसी और अन्य नगरों में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया और मंदिरों में पूजा अर्चना की ऐसा माना जाता है कि ज्येष्ठ श्क्ल पक्ष की दशमी को ही माँ गंगा धरती पर आई थी महाराज भगीरथ कठोर तपस्या के बाद माँ गंगा को धरती पर लाये थे उसी समय से इस दिन को गंगा दशहरा पर्व के रूप में माना जाता है कानपुर नगर में गंगा दशहरा की पूर्व संध्या पर सरसैया घाट पर केन्द्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति ने गंगा आरती की और भजन संध्या कार्यक्रम में भाग लिया बाद में पत्रकारों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार के प्रयास से ही प्रयागराज में हुए कुंभ में श्रद्वालुओं को पवित्र गंगाजल पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हुआ अमरोहा में गंगा दशहरा के अवसर पर गंगा धाम तिगरी में भारी संख्या में श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की ड़बकी लगाई ताजनगरी आगरा म भी श्रद्धालुओं ने यमुना नदी में ड्रबकी लगाई और मंदिरों में पूजा अर्चना की गंगा दशहरा पर्व पर कई जगह पतंगबाजी की प्रतियोगिताएं भी होती है कौशाम्बी जिले के पोखराज थाना क्षेत्र में ककोड़ा गांव के पास कल शाम बाईक पर सवार पांच लोगों को टक ने क्चल दिया जिससे तीन बच्चों सहित चार लोगों की मौत मौके पर हो गई बाईक पर सवार एक अन्य महिला गंभीर रूप से घायल हो गई जिसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है उधर मैनपुरी जिले के भोगांव थाना क्षेत्र में आज सुबह एक कार के पेड़ से टकरा जाने के कारण दस लोग घायल हो गये पुलिस ने बताया कि अलीपुर पट्टी गांव के निवासी संजीव शाक्य अपने पिता की अस्थियां विसर्जित करने के लिये फर्र्रखाबाद गये थे लौटते समय उनकी कार बरहट गांव के पास पेड़ से टकरा गई